मंत्रालय ने लोगों को विभिन्न जरिए से साईबर क्राईम के घटनाओं के खिलाफ मामला दर्ज कराने पर भी जानकारी दी नामसाई जिले में सोमवार को जिला उपायुक्त तपस्या राघव ने महादेवपुर में उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया उद्घाटन समारोह में जिला उपायुक्त ने कहा कि बुनकरों को समय समय पर विपणन हेतू उत्पादन उत्पाद करनी चाहिए और कहा कि पार्ट टाइम के बजाय फुल टाईम काम करके उत्पादकता में वृद्धि करना हथकरघा उत्पादन को आजीविका के लिए अधिक टीकाऊ बना देगा भारत और चीन के फौज ने मंगलवार को बर्फ से ढके पहाड़ो और शुन्य तापमान के बीच तवांग के बुमला के सिमा में नव वर्ष संयुक्त रुप से मनाया इस अवसर पर दोनो देश के सैनिको ने एक दुसरे को शुभकामनाएं दी और दोनो देशों के विभिन्न समझौते और लाईन ऑफ एकचूएल कन्ट्रोल में शांति बनाए रखने की उनकी प्रतिबंद्धता की पूष्टि की

इसी संदर्भ में उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने किसानों को बेहतर किस्म के बीज रियायती दाम पर उपलब्ध कराने और बाईस फसलॊ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाये जाने जैसे कदमों का जिक्र किया उन्होंने कहा कि किसानों को कोल्ड स्टोरेज और भंडारण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे है प्रधानमंत्री ने मध्यम वर्ग के लोगों के फायदे के लिए उठाए गये कदमों का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने मुद्रा स्फीति की दर में दो प्रतिशत की कमी ला दी है इसके अलावा मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर आयुषमान भारत स्वास्थ्य योजना और मुद्रा योजना की शुरुआत की गी है उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग के उद्यमियों के लिए स्टार्ट अप योजना भी शुरु की गई है जी एस टी के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे कर प्रणाली आसान हुई है उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने आम आदमी के फायदे के लिए बारह सौ वस्तुओं पर कर की दरें कम की है भारतीय सेना द्वारा दो हजार सोलह में नियंत्रण रेखा के पार आतंकियों के ठिकाने पर सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में श्री मोदी ने कहा कि यह बड़ा जोखिम भरा अभियान था मगर देश की खातिर इसको अंजाम देना पड़ा उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राईक स्ट्राइक की तारीख को दो बार बदलना पड़ा प्रधानमंत्री ने विपक्ष द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करने को द्र्भाग्यपूर्ण बताया भरतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने संपर्क कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों के साथ संवाद श्रु किया है इस कार्यक्रम के अंतर्गत इसरो देश भर में यूवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल करेगी

इसरों अध्यक्ष ने विद्यार्थियों से विज्ञान और गणित को गंभीरता से अध्ययन करने के लिए कहाजिससे वो चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में अपना करियर बना सके इसरो मुख्यालय में अपने तीन घंटे के प्रवास के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों ने वैज्ञानिकों और अभियंताओं से बातचीत की रक्षा वैमानिकी और जहाजो के साजो सामान का निर्माण अब उद्योग विकास और नियमन अधिनियम के तहत आयेगा और इसके लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी एक सरकारी अधिसूचना में आज कहा गया कि गृह मंत्रालय और रक्षा उत्पादन विभाग के परामर्श से मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि उद्योग विकास और नियमन अधिनियम उन्नीस सौ ईक्यावन और शस्त्र अधिनियम उन्नीस सौ उनसठ के तहत रक्षा उत्पादओ के लिए अनिवार्य लाईसेंस की सूची जारी की गई है विभाग ने टवीट करके कहा है कि रक्षा वैमानिकी और जहाज निर्माण के लिए शस्र अधिनियम के तहत लाईसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी इस तरह के निर्माण अब उद्योग विकास और नियमन अधिनियम के तहत आयेगें विदेशी निवेश संवर्द्धन और विनिर्माण उद्योगों के लिए नीतियां बनाने की जिम्मेदारी मुख्य तौर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले विभाग की होती है और अब मोसम मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अगले चौबीस घंटो के दौरान ईटानगर और आसपास के क्षेत्रो में आसमान साफ रहेंगे आज का अधिकतम तापमान सत्ताईस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान नौ दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया